डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच वर्षों के लिए लोगों की जरुरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और अगले पांच साल इन सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में खर्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरु की है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहुध्रवीय विश्व परिदृश्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रुप में उभरा है उन्होंने कहा कि भारत सभी की भलाई के लिए काम करने में विश्वास रखता है निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को अगले अड़तालीस घंटे के लिए कुछ भी बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक चुनावी रैली के दौरान श्रीमती गांधी ने अपने भाषण के जरिये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर भी चुनावी अभियान के दौरान भाषण देने पर बहत्तर घंटे का प्रतिबंध लगाया है उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी समाजवादी नेता और भाजपा नेता मेनका गांधी पर यह प्रतिबंध आज सुबह दस बजे से प्रभावी रुप से लागू हो गयी है निर्वाचन आयोग ने कल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर बहत्तर घंटे और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर लोकसभा चुनाव के दौरान अड़तालीस घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है दोनों नेताओं पर यह प्रतिबंध आज सुबह छह बजे से लागू हो गई है लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ क्षेत्रों में बारह मई को चुनाव कराये जाएंगे इस चरण में उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस बिहार मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों पर मतदान कराया जाएगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया बारह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के सत्तावनें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस चरण के लिए ब्रहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एन एस सी एन के और नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड रिफोरमेशन एनएससीएन आर के बीच संघर्ष विराम की अवधि अटठाईस अप्रैल दो हजार उन्नीस से एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है संघर्ष विराम अब सत्ताईस अप्रैल दो हजार बीस तक प्रभावी रहेगा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो ने कल एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार के साथ ताजा संघर्ष विराम समझौता भी किया राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर तीन महीने के भीतर जैव विविधता संबंधन समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैव विविधता समिति अभी तक गठित नहीं करने वाले राज्यों से भी कहा है कि देरी के कारणों के ब्यौरे के साथ शपथ पत्र दाखिल करे इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान एनजीटी द्वारा गठित निगरानी समिति ने बताया कि दो लाख बावन हजार सात सौ नौ पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की जानी है लेकिन अभी तब केवल एक लाख चौवालीस हजार तीन सौ इकहत्तर समितियां ही गठित हो पाई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल की तुलना में दो हजार उन्नीस की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर खसरे के मामले में तीन सौ प्रतिशत की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अनंतिम आंकड़ों ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में खसरे का प्रकोप देखे जाने का स्पष्ट रुझान का संकेत दिया है डब्ब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि दो हजार उन्नीस के शुरुआती रुझानों ने खसरे के प्रकोपो की गंभीरता को कम करके आंका था क्योंकि दस वास्तविक खसरे के मामले में से केवल एक में रिपोर्ट की गई थी इस साल अबतक एक सौ सत्तर देशों ने डब्ल्यू एच ओ को एक लाख से ज्यादा खसरे के मामले बताए हैं खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है एक सुरक्षित और प्रभावी टिके की उपलब्धता होने के बावजूद यह विश्वस्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का एक मुख्य कारण है